राज्य में तीन नवंबर को होने वाले दुमका और बेरमो उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जायेगा इसके पूर्व कल एनडीए और यूपीए के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के पूरे जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं द्रमका विधानसभा सीट के लिए जहां बारह प्रत्याशी च्नाव मैदान में हैं वहीं बेरमो से सोलह उम्मीदवार अपने भाग्य आजमा रहे हैं उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ताबड़तोड प्रचार अभियान चला रहे हैं झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल दुमका में चुनावी सभाओं को संबोधित किया श्री सोरेन के अलावा झामुमो प्रमुख शिब् सोरेन राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित कई नेता महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार अभियान चला रहे हैं इधर एनडीए के नेताओं ने भी दोनों सीटों पर कब्जा जमाने के लिए दिन रात एक कर रखा है भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है इसके अलावा भाजपा के सहयोगी दल आजसू पार्टी के नेताओं ने भी भाजपा उम्मीदवारों के लिए जीत की राह तैयार करने में जुटे हुए हैं उधर बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है

इस चरण में उत्तरी बिहार के जिलों में निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे मतदान तीन नवम्बर को होगा

एक किन्नर उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में है आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में चार रैलियों को संबोधित करेंगे इसमें छपरा समस्तीपुर मोतिहारी और बगहा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं प्रचार के आखिरी चरण में विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए जुटे हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोराना संक्रमितों का आंकड़ा एक लाख बारह सौ सतासी तक पहंच गया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार की टेस्ट ट्रैक और ट्रीट रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा इलाज की बेहतर व्यवस्था के कारण स्वस्थ होने की दर बढी है और मृत्यु दर में कमी आई है इस समय देश में मृत्यु दर एक दशमलव चार नौ प्रतिशत है जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में काफी कम है आयुष मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा त्योहारी मौसम को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य के समक्ष चुनौतियां बढ़ी हैं आमलोग त्योहार मनाने के मदेदेनजर सावधानी छोड़ देते हैं जिससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है पिछले पांच दिनों के दौरान आयुष के हितधारक लगभग एक करोड़ दस लाख लोगों को कोविड के उचित संदेश दिये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिविल सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का अह्वान किया है कि वे अपने आप को जनता से जोड़े और उनके प्रति उत्तरदायी बनें

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में सभी नौकरशाहों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम और शासन अधिकतम होना चाहिए उन्होंने सिविल सेवा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि जनता के जीवन में कम से कम दखल अंदाजी हो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल के पुलवामा हमले पर विपक्षी दलों के रवैये की कडी निंदा की

यह नेफेड द्वारा निजी आयातकों से लिये गए सात हजार टन प्याज के अलावा होगा उधर केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार आलू के बढ़ते मूल्य पर अंक्श के लिए कई कदम उठा रही है उन्होंने बताया कि आलू पर आयात शुल्क तीस प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत कर दिया गया है

बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर आवास योजना के तहत जिले के गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है